इन सभी लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच चिकित्सकीय जांच के बाद सेना के द्वारा बनाए गए वेलनेस सेंटर में रखा गया है इससे पहले इन भारतीय नागरिकों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचे जहां से उन्हें सीधे जैसलमेर के लिये रवाना कर दिया गया

इन सभी की ईरान में कोरोना वायरस की जांच की गयी थी जहां इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई

रक्षा प्रवक्ता घोष ने बताया कि भारतीय सेना ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक पहल की है इसके तहत जैसलमेर में वेलनेस सेंटरों पर विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाकर विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा उनकी उचित देखभाल की जा रही है इसके अलावा जोघपुर में भी इसी तरह विदेश से लाए जा रहे भारतीयों के लिए वेलनेस सेंटर बनाया गया है उन्होंने बताया कि इस वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे है राजधानी जयपुर में कल कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मरीज के संपर्क में आए उसके परिजनों को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उनकी जांच की जा रही है इसके अलावा मरीज के साथ हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों से संपर्क कर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है

मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्य विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करने के निर्देश दिए है श्री टंडन ने देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ को संबोधित पत्र में उनसे विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद विश्वासमत हासिल करने को कहा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा में बहमत परीक्षण कराए जाने की मांग की थी प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के गोपाल भार्गव शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्र और भूपेंद्र सिंह शामिल थे

शाम मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना करवाई जाएगी इन सभी पंचायतों में कल उप सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा सवाईमाधोपुर भरतपुर बांसवाड़ा जालौर बारां सिरोही और चुरू जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है

करौली जिले के भंगो गांव के पास देर रात ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया इसी तरह सीकर जिले के गनेडी गांव के पास एक कार ने दो लोगों को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यू हो गई

आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

प्रदेश में आज शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्दा भाव से मनाया जा रहा है शीतला माता के मन्दिरों में अल सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ रही है

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग प्रतियोगिता की अवधि कम की जा सकती है